मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है कि अण्डमान निकोबार लद्दाख और उत्तर पूर्व के राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे झारखण्ड के श्रमिकों को चार्टर प्लेन से लाने की अनुमति दें क्योंकि इन श्रमिकों को किसी अन्य परिवहन बस या ट्रेन से लाना संभव नहीं है

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों में फंसे झारखण्ड के लोगों को लाने की अनुमति प्रधानमंत्री द्वारा मिली थी इसके बाद लॉकडाउन में फंसे राज्य के करीब डेढ़ लाख श्रमिक छात्र व अन्य लोग झारखण्ड आ चूके हैं लेकिन लद्दाख में करीब दो सौ उत्तर पूर्वी राज्यों में करीब चार सौ पचास श्रमिक अब भी फसे हुए हैं जिन्हें ट्रेन या बस से लाना संभव नहीं है महाराष्ट्र में फंसे झारखंड के विभिन्न जिले के प्रवासी मजदूरों एवं छात्र छात्राओं को लेकर श्रमिक विशेष ट्रेन आज दोपहर साढ़े बारह बजे बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंची ट्रेन से सोलह जिले को क्ल एक हजार चार सौ संतावन मजदूरों और छात्र छात्राएं गृह राज्य पहुंचे जिसमें बोकारो के सबसे है ज्यादा चार सौ उनहत्तर मजदूर और छात्र छात्राएं शामिल हैं सभी प्रवार्सियों के स्वास्थ्य की जांच के बाद खाने का पैकेट और पानी की बोतल देकर सुरक्षित बसों से उनके गृह जिले के लिए रवाना कर दिया गया

सामान्य बोगियो में भी बैठने के लिए सीटें आरक्षित करानी होंगी इन रेलगाड़ियों में कोई अनारक्षित बोगी नहीं होगी

रेल मंत्रालय के अनुसार ये रेलगाडियां पहले से चल रही श्रमिक विशेष रेलगाडियों और विशेष वातानुकलित रेलगाडियों के अलावा हैं मंत्रालय ने कहा कि सभी मेल एक्सप्रैस और पैसेंजर रेलगाड़ियां तथा उपनगरीय रेल सेवाएं फिलहाल रद्द रहेगी

रेलवे के प्रवक्ता राजेश दत्त बाजपेयी ने बताया है कि सभी रेलगाड़ियों को संक्रमण रहित करने की तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार से घरेलू उड़ानों को फिर शुरू करने की घोषणा की है

श्री पुरी ने कहा कि हवाई अंड्डो पर चेक इन की सुविधा नहीं मिलेगी यात्री को केवल वेब चेक इन की अनुमति होगी

यात्रियों को मास्क लगाना होगा और सेनिटाइजर की बोतल साथ रखनी होगी

धनबाद जिले में आनेवाले प्रवासी मजदूरों की जांच के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है

आज को सरायकेला के दो और जमशेदपुर के एक संदिग्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है तीनों नए मरीजों की कॉन्टैक्ट और ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है

चतरा में पहला मरीज मिलने के बाद जिला ग्रीन से ऑरेंज जोन में शामिल हो गया है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

उपायुक्त ने गांडेय प्रखंड ग्राम बेलाटांड कारीपहरी जमुआ प्रखंड के मेढ़ोचपरखो रेंबा चनमनो और मंझलाडीह बिरनी प्रखंड के शाखाबारा गरायडीह और केन्द्रआटांड ड्मरी प्रखंड के नागाबाद नावासार भंडारों और ससारखो पीरटांड प्रखंड के करियाबेरा एवं कृम्हरलालों को कंटेन्मेंट जोन में रखा गया है

इनके द्वारा परोसे जाने वाले भोजन में मछली भात भी होता है

पुलिस ने बताया कि एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग और एक कार आपस में एक दूसरे को बचाने में पेड़ से टकरा गए कार में सवार दो लोगों की भी मौत हो गई एसीबी ने धनबाद के बलियापुर की शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जया कुमारी को छह हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है

वह नव नियुक्त शिक्षक से रिश्वत ले रही थी जया कुमारी को ऑफिसर्स कोलोनी स्थित एसीबी ऑफिस में रखा गया है ग्मला पुलिस ने आज सुबह ग्रप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के कोईनजारा और गाजी टोली गांव में अवैध रूप से चल रहे गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए अथियार बनाने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक हदय पी जनार्दन ने बताया कि पीएलएफआई एवं स्थानीय अपराधियों के लिए इस फैक्ट्री से राईफल और बंदूक की आपूर्ति की रही थी

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जनसेवा और देशसेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया था इसलिए आज उन्हें न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा देश याद कर रहा है हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा बरही विधायक और उपायुक्त ने बरही विधानसभा के चौपारण रिथत क्वारेन्टीन सेंटर में मौजूद सुविधाओं का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जायजा लिया उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने संज्ञान लेते हुए बीडीओ को तत्काल एक दाल भात केंद्र को वहीं स्थापित करने और भोजन की व्यवस्था करवाने का निर्देश दिया